नौ राज्य में ईकहत्तर संसदीय क्षेत्रों के लिए इस चरण का मतदान हुआ जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की अनंतनाग लोकसभा सीट पर भी मतदान कराया गया वेस्ट बेंगल में सबसे अधिक उन्यासी दशमलव पांच प्रतिशत मध्यप्रदेश में चौहत्तर प्रतिशत ओडिसा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगभग सत्तर दशमलव पांच प्रतिशत राजस्थान और झारखंड में पैसठ प्रतिशत बिहार और उत्तर प्रदेश में साठ प्रतिशत और महाराष्ट्र में छप्पन प्रतिशत मतदान की खबर है कल शाम नई दिल्ली में संवादाताओं को यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि बडी संख्या में महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान में भाग लिया अब तक लोकसभा की पांच सौ तैंतालीस में से तीन सौ तिहत्तर के लिए मतदान संपन्न हो चुका है श्री सिन्हा ने बताया कि इस चरण में मामूली घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा

इसी महीने की पच्चीस तारीख को चुनाव उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा ताबा मतदान केंद्र के पास पाकपू गांव के गांव बुढ़ा बेंगिया तामांग की गोली मारकर हत्या कर दी थी हत्या के चार दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नही होने के चलते भीड़ में पुलिस अधिक्षक कार्यालय में एकत्र होकर हत्या के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने और पुलिस अधिक्षक को निलंबित करने की मांग की एक अन्य घटनाक्रम में पुलिस ने कोलोरियांग हेलिपेड से रविवार को विस्फोटक सामग्री बरामद किया

हिंसा के चलते पालिन विधानसभा क्षेत्र में छह न्यापिन और ताली विधनभा क्षेत्र में तीन तीन और कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र में छह मतदान केंद्रों पर दुबारा मतदान कराया है सोसायटी ने कुरुंग कुमे जिले के दामिन क्षेत्र के ताबा मतदान केंद्र के पास पाकप्र गांव के गांव बुढ़ा बेंगीय तामांग और कुरुंग कुमे एवं क्रा दादी जिले के संस्पेंशन ब्रीज को क्षति पहुंचाने पर भी कड़ी निंदा की है सोसायटी ने गांव बुढ़ा बेंगिया तामांग के हत्यारे और ब्रीज को क्षति पहुचाने वालों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है

बैठक के दौरान प्रभावि तरीके से कार्य योजना को लागू करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ बातचीत का भी निर्णय लिया गया बैठक में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए भारी व्यवसायिक वाहनों को निर्धारित समय पर ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया जिला उपायुक्त ने बताया कि पोतिंग पांगिन सड़क मार्ग को डबल लेन में विकसीत करने का कार्य आगामी अगस्त महीने मे शुरु होगा

भारतीय मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों में वेस्ट कामेंग ईस्ट कामेंग लोअर सुबनसिरी पापुमपारे लोअर सियांग लोअर दिवांग वैली अंजाव लोहित नामसाई चांगलांग तिरप और लोंगडिंग जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इधर राजधानी क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरु संग्रहालय और दोन्यी पोलो विद्याभवन को जाने वाले मार्गों पर पानी जमा होने से लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जल निकासी व्यवस्था न होने और संपर्क मार्गों पर गड़डा होने से वाहन चालकों को भी समस्या हो रही है

प्रशिक्षण के दौरान लगभग एक सौ पचास मतगणना प्रशिक्षकों मतगणना सहायकों और अटेंडेंट को प्रशिक्षण दिया गया उन्होंने पावर प्वाइंट प्रस्तुती के तहत मतगणना प्रक्रिया की जानकारी दी श्री तासी ने बताया कि मतगणना के दौरान ई वी एम को संचालन का प्रशिक्षण सभी बैचों को दिया जाएगा